लोकतंत्र के चार अनुरोध नाम से लिखे ब्लॉग में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोग अपना आवेदन ब्रथ स्तरीय अधिकारी या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन वी एस पी डॉट आई एन के माध्यम अथवा चुनाव कार्यालय में भी जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं उन्होंने लोगों से अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है

उन्होंने मतदान के योग्य सभी उन युवाओं से मतदाता पंजीकरण का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि मतदान राष्ट्र के विकास में योगदान की इच्छा प्रकट करता है इसके माध्यम से देश के लोग आपस में जुड़ते हैं और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं प्रधानमंत्री ने राजनीतिक व्यापारी कार्यकर्ता खिलाड़ी फिल्मकार मीडिया और सुबह सैर करने वाले लोगो से अनुरोध किया है कि वे मतदाताओं के बीच में जागरूकता पैदा करें चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और भाजपा व कांग्रेस दोनों की पार्टियों ने प्रचार के लिए कमर कस ली है

निर्वाचन आयोग भी चुनाव तैयारियों में जुट गया है और चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जा रही हैं कांग्रेस भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि पार्टी ने मौजूदा चार लोकसभा सांसदों के नाम ही भाजपा हाईकमान को भेजे हैं शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसदों को ही टिकट देना या न देना पार्टी हाईकमान के क्षेत्राधिकार में आता है सत्ती ने कहा कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पार्टी के संसदीय ग्रुप द्वारा की जाएगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जन चेतना यात्रा के दूसरे दिन आज सोलन कसौली व अर्की निर्वाचन क्षेत्रों की अनेक पंचायतों में जन सम्पर्क किया कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी